प्रदेश के दस जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका

राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति समीक्षा की की उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की भी थे राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली

काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र है जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है

इस बीच रक्षामंत्री सियाचिन दौरे के बाद श्रीनगर लौट रहे हैं ओपीडी प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी एक्स रे और पैथालाजी की सुविधायें अब सुबह नौ बजे से चार बजे तक उपलब्ध रहेंगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक निर्देश में बताया गया है कि अब ओपीडी पंजीयन का कार्य अपरान्ह साढ़े तीन बजे तक किया जायेगा इस दौरान डेढ़ बजे से सवा दो बजे के बीच भोजनावकाश रहेगा सामान्य दिनों के अलावा रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी शासकीय चिकित्सालयों में आपातकालीन ओपीडी सुविधायें चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगीं इस दौरान नौ से ग्यारह बजे तक चिकित्सक वार्डों का निरीक्षण करेंगे शक्ति मिल्स सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय ने शक्ति मिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय दंड संहिता की उस संशोधित धारा की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जिसमें बार बार यह अपराध करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान है न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने इस मामले के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया

अदालत ने कहा कि यह धारा संविधान के दायरे से बाहर नहीं है इसलिए मौजूदा मामले में उसे खारिज नहीं किया जा सकता डोभाल केन्द्र सरकार ने अजीत डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है श्री डोभाल पिछली सरकार में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे श्री डोभाल को मौजूदा सरकार में कैबिनेट रैंक दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं मण्डी भुगतान राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डियों में अपनी फसल विक्रय करने वाले किसानों को उसी दिन अधिकतम दो लाख रुपये तक का नकद भूगतान करने का निर्देश दिया है आज भोपाल में सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि दो लाख रुपये से अधिक मूल्य का विक्रय होने पर भुगतान की शेष राशि किसानों के खाते में सीधे भेज दी जायेगी गौरतलब है कि सरकार के पास ऐसी शिकायते थी कि आयकर अधिनियम के सामान्य भूगतान नियम का हवाला देकर किसानों को मात्र दस हजार रुपये तक का ही भूगतान किया जा रहा था लायसेंस पौधरोपण प्रदेश में एक अनूठी पहल के तहत हथियारों का लाइसेंस लेने के लिए अब पेड़ लगाने होंगे इसकी शुरूआत ग्वालियर से की गई है लेकिन इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है

बुरहानपुर में सुबह ईद की विशेष नमाज न्यू नजमी मस्जिद में आमिल अली असगर साहब पढ़ाएंगे

ईद पर नए कपडों के साथ घरों की साज सज्जा भी बडे स्तर पर की जाती है जिसको लेकर तैयारियां जोरो पर है आयोग नोटिस राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानवाधिकार हनन के चार अलग अलग मामलों में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है

इसके साथ ही अनूपपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन की शिकायते सामने आने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिये जाने पर कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा गया है दुर्घटना छतरपुर जिला मुख्यालय के पास आज सुबह एक सड़क दर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और बीस लोग घायल हो गये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 इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है दुर्घटना के शिकार लोग सुबह करीब आठ बजे स्थानीय धार्मिक स्थल जटाशंकर से सोमवती अमावस्या पर दर्शन कर वापस आ रहे थे मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है चिलचिलाती गर्मी के कारण बाजार बेरौनक हो गये हैं और सड़कों पर आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है

प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक चल रहा है प्रदेश का नौंगांव जिला आज सबसे अधिक गर्म जिला रहा यहां अधिकतम तापमान अड़तालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

वहीं दर्जनभर जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है सोमवती अमावस्या सोमवती अमावस्या वट सावित्री और शनि जयंती के विशेष अवसर पर आज लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के संयोग पर नर्मदा में स्नान का विशेष महत्व होता है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां बड़ी संख्या में श्रद्दालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया उधर उज्जैन में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर शिप्रा के घाटों घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमडा खंडवा के प्राचीन शनि मंदिर में श्रद्धालुओं ने काले तिल और तेल से शनि भगवान का अभिषेक किया वहीं जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में भी इस अवसर पर लोगों ने पुण्य स्नान किया देवास और आगर मालवा सहित प्रदेश भर से सोमवती अमावस्या और शनि जयंती मनाये जाने के समाचार मिले हैं